प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसरो नियंत्रण कक्ष से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा देश को हमारे वैज्ञानिकों पर गर्व है राजस्थान ई साइन डिजिटल सिग्नेचर टोकन और एसएसएल प्रमाण पत्र जैसी सेवाएं देने वाला देश का पहला राज्य बना

इसके बाद लैंडर निर्धारित पथ से भटक गया इसरो के भिशन नियंत्रण केन्द्र ने बताया कि लैंडर विक्रम के उतरने की प्रकिया निर्धारित दो दशमलव एक किलोमीटर की दूरी रह जाने तक सामान्य थी इसके बाद लैंडर का धरती से संपर्क द्ट गया इसरो के अध्यक्ष के सिवान ने लैंडर विक्रम के संपर्क दूटने की पुष्टि की आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है

देश को इसरो पर गर्व है प्रधानमंत्री ने इसरो के वैज्ञानिकों की सराहना करते हुए कहा कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और यहां तक पहुंचना कम उपलब्धि नहीं है उन्होंने वैज्ञानिकों से साहस और हौंसले से आगे बढ़ते रहने को कहा

निरंतर लक्ष्य की तरफ बढ़ना हमारा उद्देश्य भी है और हमारी परम्परा भी है इस असफलता ने चंद्रमा को छूने की इच्छा शक्ति को और प्रबल बना दिया है

श्री गांधी ने ट्वीट कर कहा कि आपका जुनून और समर्पण हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्त्रोत के समान है

कोलकाता में बंगाल क्षेत्र के राजस्व अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर व्यवस्था में कोई खामी है तो उचित तरीके से उसका समाधान किया जाना चाहिए ताकि कर संग्रह पर इसका असर ना पड़े

राज्य के नागरिकों को अब वैधानिक रूप से इन सुविधाओं के उपयोग की मान्यता प्राप्त होगी भारत सरकार के नियत्रंक प्रमाणन प्राधिकरण ने राज्य सरकार के उपक्रम राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लि को प्रमाणन प्राधिकरण घोषित कर दिया है सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार ने कल जयपुर में बताया कि इससे सरकार के कार्यो में शीघता के साथ साथ पारदर्शिता बढेगी और धन तथा समय की भी बचत होगी

इससे अब राजकीय विभागों में कॉगज रहित सिस्टम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी उन्होंने बताया कि सरकार को डिजीटल सिग्नेचर टोकन और एसएसएल प्रमाण पत्र जैसी सेवाओं के लिए भूगतान करना होता था लेकिन प्राधिकरण घोषित होने से अब ऐसी सेवाओं के लिए भूगतान नही करना पड़ेगा

डॉ शर्मा कल जयपूर के स्वास्थ्य भवन में आयोजित आशा सहयोगिनियों की ब्लॉक स्तर से राज्य स्तर की प्रथम त्रैमासिक वीडियो कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि चिकित्सा विभाग और आशाओं के सहयोग से पिछले सालों में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में खासी कमी देखने को मिली है उन्होंने अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा आशाओं का चयन करके उन्हें प्रशिक्षित करने पर भी जोर दिया

इसके लिए सहकारी बैंक तरलता समाधान योजना को लागू किया गया है

श्री कल्ला कल जोधपुर में पी एच ई डी के अधिकारियों के साथ संभागीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि पेयजल की समस्याओं के निस्तारण के अधिकारी स्वयं मौके पर जाएं और समस्याओं के समाधान करें श्री कल्ला ने जोधपूर शहर को वर्तमान में मिल रहे पानी और उसकी आवश्यकता की भी जानकारी ली

रजिस्ट्रेशन तथा ई ऑक्शन प्रक्रिया के बारे में जानेकारी उपलब्ध कराने के लिये हैल्पलाईन भी इसी दिन शुरू की जायेगी